केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है

निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है

उन्होंने कहा कि लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है

श्रीमती सीतारामण ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से कार्यक्रमों की क्रियान्वयन गति कई गुणा बढ़ी है भारत अभी विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में एक सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा निर्मला सीतारामण ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराएंगे शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वाणिज्यिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी

प्रतिक्रिया इस बीच विभिन्न दलों के नेताओं ने आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोकसभा में प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों का हित शामिल है

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट से हिमाचल के किसानों को भी व्यापक लाभ मिलेगा

केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने केन्द्रीय बजट को नए दशक की नई अर्थव्यवस्था का बजट बताया है उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा और युवाओं महिलाओं किसानों निवेशकों व मध्यम वर्ग को लाभ पहंचाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं

लोगों का कहना है कि शिक्षा और आयकर के क्षेत्र में की गई घोषणाओं से उन्हें लाभ होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई ने केन्द्रीय बजट प्रस्तावों को गरीबों मजदूरों और किसानों के अहित में बताया है माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा कि इस बजट में हिमाचल के लिए क्छ नहीं दिया गया है